मुख्य कार्यक्रम सीहोर के बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल

हितग्राही सम्मेलन प्रदेश के सभी जिलों में कल रोजगार एवं हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया मुख्य कार्यक्रम सीहोर जिले में हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में इसका शुभारंभ किया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद थे कार्यकम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाखों रूपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया उन्होंने कांग्रेस की आलोचनाओं को निराधार बताया और कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है सम्मेलनों के दौरान लगभग पौने तीन लाख हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है वहीं जिला स्तरीय हितग्राही सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रि परिषद के सदस्य विभिन्न जिलों में शामिल हुए

लोक अदालत प्रदेश सरकार ने संबल योजना और मप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरुद्ध जून तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में अभियोजन वापस लेने का निर्णय लिया है सरकार के अनुरोध पर मप्र उच्च न्यायालय ने इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक अदालतों के आयोजन की अनुमति दे दी है

राज्य सरकार ने कल इसके आदेश जारी कर दिये है

मुख्य कार्यक्रम सीहोर के बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल